इस बीच भारतिय वायु सेना का एक दस्ता दुर्घटना स्थल तक पहुंच गया है इससे पहले सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए रिकवरी टीम को दुर्घटना स्थल के पास के एक जगह पर सफलतापूर्वक उतारा गया था जहाँ टीम ने एक कैंप स्थापित किया है रिकवरी अभियान में वायुसेना सेना और नागरिक प्रशासन के साथ साथ पंद्रह पर्वतारोहियों की एक टीम काम कर रही है उधर वायुसेना के पूर्व एयर कमांड के प्रमुख एयर मार्शल आर डी माथुर ने खोज अभियान में भाग लेने वाले सभी लोगो का आभार व्यक्त किया है उन्होंने अरुणाचल सरकार के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू और राज्य के स्थानीय लोगों को सहयोग के लिए धन्य्वाद दिया है

दुर्घटनास्थल सियांग जिले में गट्टे गांव के पास पारी आदि पहाड़ी पर स्थित है

यह असम में जोरहाट से अरुणाल प्रदेश में सी योमी जिले के मेचुका जा रहा था

मानव संसाधन विकास मंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य में शिक्षा की स्थिति और उसकी चुनौतियों से श्री निशंक को अवगत कराया उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य को और अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए यहा के संस्थानों में नए व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरु किए जाने को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किए जाने का आग्रह किया बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग के मंत्री श्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय सेवाओं के लिए एक अलग काडर दिए जाने का अनुरोध किया मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में उनसे अच्छे तालमेल के साथ समन्वित प्रयास करने का आग्रह करते हुए कहा कि वे सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए काम करे कल राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव के नेतृत्व में राज्य के आयुक्तों और सचिवों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चूंकि राज्य में भाजपा सरकार को लोगों ने चूनावों में व्यापक समर्थन दिया है इसलिए उम्मीदे भी बहुत ज्यादा है बैठक के दौरान श्री खाण्ड्र ने राज्य सरकार के प्रथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार कानून और व्यवस्था पुलिस प्रबंधन स्वास्थ्य शिक्षा सहित पारदर्शी प्रशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है इसलिए अधिकारियों को इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ताल मेल और पारदर्शी के साथ काम करना होगा उन्होंने प्रशासनिक सुधार विभाग को निर्देश दिया की सरकार में मानव संसाधन का इस्तेमाल आवश्यकता के अनुसार करें इसलिए वे विभागों में कर्मचारियों का संख्या का फिर से निर्धारण करें गृहमंत्रालय ने कहा है कि विदेशी ट्रायब्यूनल आदेश उन्नीस सौ चौसठ में पिछले महीने के संशोधन का उद्देश्य न्यायाधिकरणों के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रर के खिलाफ आपत्तियों पर फैसलों से असंतुष्ट लोगों की अपील पर निर्णय के तौर तरीके तय करना है मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि एन आर सी का काम केवल असम में चल रहा है इसलिए यह आदेश फिलहाल केवल असम के लिए लागू होता है मंत्रालय ने कहा कि आदेश के तहत विदेशी ट्रायब्यूनल केवल असम में बनाए गए हैं इसलिए यह संशोधन अभी केवल असम के लिए व्यवहारिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की तीस तारीख को आकाशवानणी से सुबह ग्यारह बजे देश के नागरिकों और विदेश स्थित भारतीयों से अपने मन की बात साझा करेंगे यह इस मासिक कार्यक्रम का चौवनवां संस्करण होगा